बैठक में समिति ने राज्य में ब्रनियादी विकास के लिए पच्चीस सौ करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है अनुमोदित प्रस्ताव राज्यभर के विभिन्न विभागों से संबंधित पूंजीगत कार्य लेने के लिए हैं राजधानी क्षेत्र और सभी जिला मुख्यालय के सड़क अवसंरचना के उन्नयन सहित सभी ए डी सी व एस डी ओ मुख्यालयों को अगले तीन वर्षों में सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए ग्यारह सौ करोड़ रुपए रखे गए है बैठक में ईटानगर जोते सड़क को राज्य राजमार्ग के रुप में उन्नत करने का भी निर्णय लिया गया इसबीच सी सी आई ने उन परियोजनाओं पर जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है जहां काम के दायरे में अनुचित परिवर्तन हुआ है जहां अनुमानित लागत और निविदा के माध्यम से खोजे गए मूल्य के बीच पर्याप्त विचलन है पर गहन विचार किया समिति ने इस तरह की परियोजनाओं से संबंधित अधिकारियों पर विचलन के लिए जवाबदेही तय करने का भी निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीन डी डेमोक्रेसी डेमोग्राफी और दिमाग भारत की विशिष्ट पहचान है उन्होंने लोकतंत्र जनसांख्यिकी और बौद्धिक क्षमता को देश की सशक्ति प्रंजी बताया उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम लोगों के लिए जीवन को आसान बनाना है अमरीका भारत कार्यनीतिक साझेदारी फोरम के सदस्यों ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की श्री मोदी ने कारोबार आसान बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी श्रम सुधार और भारतीय युवाओं की उद्यमिता जोखिम क्षमता बढ़ाने जैसे सरकार के उपायों की चर्चा की फोरम के सदस्यों ने प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण में भरोसा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के अगले पांच वर्ष विश्व के अगले पच्चीस वर्षों का निर्धारित करेंगे इस फोरम का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि उद्यमिता रोजगार सृजन और नवाचार क्षेत्रों में भारत और अमरीका के बीच कार्यनीतिक साझेदारी मजबूत करना है पापुम पारे जिले के बंदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कल पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया समारोह में पुलिस महा निदेशक आर पी उपाध्याय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और आई टी बी पी तथा सी आर पी एफ के अधिकारी मौजूद थे समारोह में शहिद पुलिसकर्मियों के अभिभावक एवं परिवार विशेष रुप से आमंत्रित किए गए थे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले कुछ वर्षों में देश में एक लाख डिजिटल गांवों की स्थापना करेगी कल नई दिल्ली में अपने मंत्रालय से जुड़े मैती स्टार्ट अप समिट दो हजार उन्नीस को संबोधित करते हुए उन्होंने संबंधित हितधारकों से अपील की कि वे इन डिजिटल गांवों को अपने अपने तरीके से संरक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करें ये गांव उद्यमिता को बढ़ावा देने के केंद्र होंगे श्री प्रसाद ने देशभर के सभी उद्यमों और उद्यमशीलता का डिजिटल खाका तैयार करने की जरुरत पर भी जोर दिया तवांग प्रभारी जिला उपायुक्त लोबसांग सेरिंग की अध्यक्षता में आज जिला उपायुक्त सम्मेलन हॉल में तवांग मैत्री दिवस दो हजार उन्नीस के आयोजन पर प्राथमिकी बैठक आयोजित हुई बैठक में मोनपा मिमांग सोग्पा के अध्यक्ष रिनचिन दोरजी यूवा अरुणाचल के अध्यक्ष सेतन चोम्बे सेना एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे समारोह को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षको से तवांग मैत्री दिवस को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सहयोग करने को कहा बैठक में चर्चा के दौरान तवांग ब्रिग्रेड सेना मुख्यालय के प्रतिनिधियों ने समारोह के दौरान सेना द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी बैठक में आगामी अटठाईस अक्टूबर से शुरु होने वाले तवांग उत्सव दो हजार उन्नीस के दौरान यातायात नियम सुरक्षा एवं रहने की व्यवस्था पर भी समीक्षा की गई पासीघाट नगर में बिना वैध इनर लाइन पर्मिट के बाहरी लोगों की आमद को गंभीरता से लेते हुए ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉ किन्नी सिंह ने मजिस्ट्रेड और पुलिस को गहन आइ एल पी जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है जिला उपायुक्त ने कार्यकारी मजिस्ट्रेड को उल्लंघनकर्ताओं का मौके पर ही सुनवाई करने और बी ई एफ आर अट्ठारह सौ तिहत्तर के प्रावधानों के तहत आवश्यक कारवाई करने का निर्देश भी दिया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

आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया